महामारी के बारे में वर्च्अल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को प्रा भरोसा है कि दो सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्संधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम श्रू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का म्ल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात सौ उनहत्तर रह गई है राज्य में अब तक पंद्रह हजार पांच सौ पच्चीस रोगी स्वस्थ हो च्के हैं कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक लोअर स्बनसिरी से आठ चांगलांग से पांच वेस्ट कामेंग से चार ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन शी योमी और नामसाई से दो दो तिराप लोहित लोअर सियांग और लेपारादा जिले से एक एक मामले शामिल है

जिला उपाय्क्त ने बताया कि टीकाकरण की सारी प्रक्रिया चरणबद्व तरीके से किया जाएगा

वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ मनदीप पारमे ने जानकारी दी कि टीकाकरण श्रु हो जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीके लगाए जाएंगे

अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आप्सू के अध्यक्ष हवा बागांग ने पंचायत और शहरी निकायों के च्नाव में केवल राज्य के मूल नागरिक को ही शामिल करने की मांग की है संघ ने इस संबंध में दायिंग इरिंग समिति उन्नीस सौ पैसठ की सिफारिश का हवाला देते हए प्रदेश की मूल जनजातियों के हितों के साथ समझौता न करते हुए पंचायत और शहरी निकाय के च्नाव कराने का सरकार से अन्रोध किया है

वह लिकाबाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था पी पी ए अध्यक्ष काफा बेंगिया ने कल एक प्रेस विज्ञपति जारी कर कहा कि लिकाबाली विधान सभा क्षेत्र के सिटिंग एम एल ए कारदो न्यिगयोर को प्रामाणिक प्रमाण के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के सिवा कोई चारा न था आगामी बाइस दिसंबर को निर्धारित पंचायत चूनाव के अंतर्गत चल रहे च्नावी अभियान में पार्टि विरोधी गतिविधियों के कारण श्री न्यिगयोर को निलंबित किया गया

इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने लोगों से सभी बच्चों को विकास और सम्मानजनक जीवन का समान अवसर प्रदान करने की अपील की उनका कहना था कि दिव्यांग बच्चों की उचित देखभाल और उनकी रुचि के अन्सार कौशल विकास कर हम उनके जीवन को आसान बना सकते है दिव्यांगजनों को भी अपनी क्षमता के अन्सार काम करने में ही ख्शी मिलती है और इसका अवसर मिलना चाहिए

इस अवसर पर उन्होंने जिले में जल विदय्त विकास के भविषय की संभावनाओं पर भी जानकारी दी